मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कांफ्रेंसिंग से यूपी एसोसिएशन ऑफ नार्थ अमेरिका द्वारा आयोजित यूपी इंवेस्टमेंट एण्ड टूरिज्म ईवेंट को किया संबोधित

प्रदेश में कोरोना वैक्सीन प्रबंधन की तैयारियां जोरो पर वैक्सीनेटर तैयार करने के लिये प्रशिक्षण की कार्रवाई श्रू केन्द्र सरकार यह सुनिश्चित करने के प्रयास कर रही है कि देश के अंतरक्षि कार्यक्रम के लाभ सबसे गरीब लोगों तक भी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अंतरिक्ष गतिविधियों में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रमुख उद्योगपतियों स्टार्टअप्स और शिक्षाविदों के साथ वर्चुअल माध्यम से बैठक में यह बात कही श्री मोदी ने आशा व्यक्त की कि देश शीघ्र ही अंतरिक्ष परिसम्पत्तियों के विनिर्माण का केन्द्र बनेगा उन्होंने कहा कि अंतरक्षि क्षेत्र में सुधार कारोबार करना सुगम बनाने तक ही सीमित नहीं हैं बल्कि इनसे प्रत्येक क्षेत्र और प्रत्येक चरण में सहायता भी मिल रही है श्री मोदी ने कहा कि जिस तरह सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारतीय प्रतिभाओं ने दुनियाभर में प्रसिद्वि प्राप्त की उसी तरह अंतरिक्ष क्षेत्र में भी करेंगी प्रधानमंत्री ने कहाकि अंतरिक्ष क्षेत्र को खोलने के निर्णय से इस क्षेत्र में सरकारी निजी भागीदारी का नया यूग शुरू होगा उन्होंने प्रतिभागियों को आश्वस्त किया कि इस पहल में सरकार का पूरा और खुले दिल से समर्थन मिलेगा उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों और निर्णय लेने की प्रक्रिया में पेशेवर और पारदर्शी ढंग से काम करने से अंतरिक्ष क्षेत्र में शामिल होने वाली कपनियों को लाभ होगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्यमियों और निवेशकों से देश की अर्थव्यवस्था को पांच ट्रिलियन डॉलर और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर बनाने में अपना सहयोग देने का आहवान किया है मुख्यमंत्री कल देर रात वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश एसोसिएशन ऑफ नार्थ अमेरिका द्वारा आयोजित उत्तर प्रदेश इंवेस्टमेंट एण्ड टूरिज्म ईवेंट को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि भारतवंशियों ने अपने परिश्रम और प्रूषार्थ से अपनी पहचान स्थापित की है उन्होंने कहा कि इनके सहयोग से देश और प्रदेश की आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक रिथिति को नई ऊँचाईयों पर ले जाया जा सकता है उन्होंने कहा कि इन उद्यमियों और निवेशकों के सहयोग से उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने में हम सफल होंगे मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले तीन वर्षो में राज्य में अवस्थापना सुविघाओं के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है यहां चार एक्सप्रेस वे निर्माणाधीन है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से अगले वर्ष मार्च माह में आवागमन श्रू हो जायेगा पहले यहां मात्र दो एयरपोर्ट कार्यशील थे और आज आठ हवाई अड्डे कार्यशील है तथा कई अन्य पर तेजी से कार्य चल रहा है उन्होंने कहा कि राज्य में देश का पहला वाटर वे भी निर्मित किया गया है उत्तर प्रदेश प्राकृतिक संसाधनों से युक्त राज्य है और सरकार यहां अवस्थापना विकास के लिये पूरी प्रतिबद्वता के साथ कार्य कर रही है राज्य में आध्यात्मिक पर्यटन की आपार संभावनाएं है यह बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअल माध्यम से उत्तर प्रदेश एसोसिएशन ऑफ नार्थ अमेरिका द्वारा आयोजित इंवेस्टमेंट एण्ड टूरिज्म ईवेंट को संबोधित करते हुए कही उन्होंने कहा कि अयोध्या को दुनिया की सबसे खूबसूरत नगरी के रूप में विकसित किया जायेगा प्रदेश को मानव सभ्यता की प्रथम भूमि बताते हए मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां दृनिया की प्राचीनतम नगरी काशी कृंभ की धरती प्रयागराज कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा और गंगा यमुना तथा सरयू जैसी पवित्र नदियां है उन्होंने कहा कि यहां आध्यात्मिक पर्यटन के साथ ही ईको और हैरीटेज पर्यटन के भी व्यापक अवसर मौजूद है मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत की सांस्कृतिक धरोहर को विश्व में मान्यता दिलाई है प्रदेश की संभावनाओं को साकार करने के लिये सरकार ने इस दिशा में पूरी प्रतिबद्वता के साथ कार्य किया है और यहां की कानून व्यवस्था अन्य राज्यों के लिये एक उदाहरण है उन्होंने कहा कि उद्यमियों और निवेशकों के लिये सेक्टर वार नीतियां बनाकर लागू की गई है प्रदेश की राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल ने कहा है कि नई शिक्षा नीति देश की क्षेत्रीय भाषाओं संस्कृति विचारों और मृत्यों पर आधारित है यह नीति स्वदेशी ज्ञान और तकनीक के आधार पर नये भारत को शक्तिशाली बनाने में सहायक होगी उन्होंने कहा कि इस शिक्षा नीति से अन्तर विषयक और बहुविषयक पठन पाठन और शोध को प्रोत्साहन मिलेगा

प्रदेश में उजाला योजना के अन्तर्गत अब तक दो करोड़ बासठ लाख एलईडी बल्ब वितरित किये गये हैं इन बल्बों से सालाना तीन हजार चार सौ सात मिलियन यूनिट बिजली और एक हजार तीन सौ तिरसठ करोड़ रूपये की बचत हो रही है इस बात की जानकारी कल लखनऊ में ऊर्जा एवं अतिक्ति ऊर्जा स्रोत मंत्री पंडित श्रीकांत शर्मा ने दी एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने यूपीसेव्स इंनर्जी वेबसाइट और मोबाइल ऐप का भी लोकार्पण किया ऊर्जा मंत्री ने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों के द्वारा ऊर्जा संरक्षण और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिये कोई विशेष प्रयास नहीं किये गये उन्होंने कहा कि आने वाला समय पर्यावरण हितैषी ऊर्जा साधनों का है इसलिये हमें पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है केन्द्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कल सरकार का यह पक्ष दोहराया कि वह किसानों के साथ बातचीत के लिए तैयार है तमिलनाडु तेलंगाना महाराष्ट्र और बिहार से अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के सदस्यों के साथ बैठक के बाद नई दिल्ली में श्री तोमर ने संवाददाताओं को बताया कि यदि किसान प्रस्ताव लेकर आएं तो सरकार निश्चित रूप से बातचीत करेगी उन्होंने कहा कि किसानों के साथ बिन्दुवार चर्चा की जाएगी किसानों के हवाले से श्री तोमर ने कहा कि वे प्रसन्न हैं कि नरेन्द्र मोदी सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए यह कार्य किया है और किसान इसका स्वागत तथा समर्थन करते हैं केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि भारत में कोरोना वायरस से अच्छी तरह से निपटा जा रहा है कल नई दिल्ली में एक अंतर्राष्ट्रीय कोरोना वायरस लघ् फिल्म महोत्सव को संबोधित करते हुए श्री जावड़ेकर ने कहा कि जनवरी में ही प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कोरोना महामारी की पहचान कर ली गई थी और उन्होंने इसे नियंत्रित करने तथा स्थिति को सामान्य बनाने के लिए पूरे वर्ष उत्साहपूर्वक काम किया कोरोना संकट अब जाएगा क्योंकि दवाई मिली है अमरीका में वैक्सीनेशन शुरू हुआ है हमारे यहां भी जल्दी आएगा हमें पता है देश के चार वैक्सीन से तैयार हो रहे हैं तो शायद महीने भर में आएगा लेकिन एक बुराई भी ख्याल करने की जरूरत है एक बार वैक्सीन लिया तो हम फ्री हो गए कहीं भी जाएंगे कुछ भी करेंगे ऐसा नहीं है

आप फ्री नहीं हो गए संकट से प्रदेश सरकार कोविड संक्रमण के रोकथाम की दिशा में तेजी से कार्य कर रही है और कोरोना वैक्सीन को लेकर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं तेजी से जूटाई जा रही है सरकारी प्रवक्ता ने बताया है कि कोरोना वैक्सीनेशन के लिये कल से वैक्सीनेटर तैयार करने के लिये प्रशिक्षण की कार्रवाई शुरू हो गई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर इस बात की व्यवस्था की गई है कि वैक्सीनेटर को आसान भाषा में प्रशिक्षण दिया जाये जिससे उन्हें समझने में किसी प्रकार की परेशानी न हो साथ ही टीकाकरण का कार्य प्रभावी ढंग से संचालित किया जाय गौरतलब है कि प्रदेश में पैंतीस हजार कोविड वैक्सीन केन्द्र स्थापित किये जा रहे हैं और वैक्सीन की स्रक्षा के लिये जीपीएस प्रणाली अमल में लाई जायेगी प्रदेश में कोरोना संक्रमण में गिरावट लगातार जारी है जहां पिछले छत्तीस घंटों में कोरोना के एक हजार दो सौ उन्तीस मरीज पाये गये वहीं इस दौरान इससे ज्यादा एक हजार नौ सौ बहत्तर लोग कोरोना से ठीक हो गये अब राज्य में ठीक होने वालों की संख्या पांच लाख उन्तालिस हजार सात सौ सत्ताईस हो गई है प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने आरोप लगाया है कि यूपीए सरकार ने दस वर्षो के कार्यकाल में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू नहीं होने दिया उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी कृषि बिलों का लगातार विरोध कर रही है यह सब राजनीतिक भावना से प्रेरित होकर किया जा रहा है